श्री मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में इस बारे में लोगों से अपील की थी और कहा था कि जब तक बहत जरूरी न हो लोग घरों से बाहर न निकलें

प्रदेश के कई व्यापारिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने जनता कफर्यू को सफल बनाने की अपील की

उधर कोरोना के खतरे मद्देनजर रेलों में यात्री भार काफी कम हुआ है

प्रदेश के विभिन्न हवाई अडडों पर रोजाना कई उडाने भी रद्द हो रही हैं

जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि सभी लोगों से घर पर रहने का आग्रह किया गया है

झुंझनू के प्रभावित इलाके में कफ्यू जारी है वहीं जिला मुख्यालय पूरी तरह बंद है हरियाणा सीमा भी सील कर दी गयी है साथ ही घर घर सर्वे का कार्य जारी है दोनों जिलों में सार्वजनिक यातायात पर भी पाबंदी लगा दी गयी है स्थिति से निपटने के लिए जयपुर में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की दिन भर बैठकें चलती रहीं मुख्य सचिव डीबीगुप्ता ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जबकि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर स्थिति की समीक्षा की उन्होंने सभी निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं एसएमएस अस्पताल में कोरोना जांच क्षमता बनायी जाएगी साथ ही आईसीयू में भर्ती निमोनिया मरीजों का भी सैम्पल टैस्ट किया जाएगा

इस बीच जयपूर सहित ज्यादातर जिलों में आज दोपहर बाद बाजार पूरी तरह बंद नजर आये सडकों और हाईवे पर ट्रफिक काफी कम हो गया है जयपुर जिला कलेक्टर ने आज पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ कल जनता कफ़र्यू को लेकर सिथति की समीक्षा की उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सजगता और जिम्मेदारी का परिचय देकर रिथति से निपटने में सहयोग करें उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक वस्तओं की कोई कमी नहीं है और जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है

उन्होंने सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को भी घर भेजने को कहा है उन्होंने मुस्लिम धर्मग्रूओं से अपील की है कि वे जुम्मे की नमाज और अन्य नमाज के दौरान पूरी सतर्कता बरते

इनमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी

परिषद ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं